इस पुल के खुलने से संग्राम और नयोबिया क्षेत्र राज्य के बाकी क्षेत्र से जुड़ गया है यह डबल लेन पुलन नयोबिया क्षेत्र सहित पार्सी पार्लों और दामिन के कई गांवों के लोगों के लिए जीवन रेखा बन गया है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों से राज्य के विकास के लिए मिलकर प्रयास करने की अपील की उन्होंने होलंगी हवाई अड्डे के लिए भूमि मुआवजा दरों पर क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा उठाए गए आपत्तियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा केंद्र सरकार ने इस पहले पूर्ण हवाई अड़डे के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है मूख्यमंत्री ने गागा क्षेत्र के विवेकानंद केंद्र विद्यालय का भी उद्घाटन किया और पाकबा में जवाहरलाल नेहरु विद्यालय की आधारशिला रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा के द्रसरे संस्करण में परीक्षा पर छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत दिलचस्प होगी

कल दूरदर्शन समाचार में एक परिचर्चा में भाग लेते हुए श्री वेम्पति ने कहा कि आकाशवाणी समाचार वर्षों से देश में विश्वसनीय और प्रमाणीक समाचारों का मानक रहा है उन्होंने कहा कि एफएम चैनलों से केवल हिंदी और अंग्रेजी समाचार साझा करने की अनुमति दी गई है लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचारों के प्रसारण से वास्तविक क्षमता सामने आएगी परिचर्चा में आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर चार सौ में से दो सौ सौलह एफ एम चैनलों ने आकाशवाणी समाचार लेने के लिए पंजीकरण कराया है भारतीय रेडियो ऑपरेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष अनुराधा प्रसाद ने कहा यह पहल सभी पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है इससे एफएम चैनलों को आकाशवाणी समाचार की तरह विश्वसनीय मंच मिलेगा आकाशवाणी समाचारों की पहुंच बढ़ेगी और एफएम के श्रोताओं को विश्वसनीय समाचार मिल सकेंगे उन्होंने कहा कि यह कदम निजी एफएम चैनलों पर ताजा समाचारों के प्रसारण की मांग पूरी करता है राज्य सशक्त कार्यक्रम समिति ने आगनवाड़ी सेवा योजना के तहत वार्षिक कार्यक्रम कार्यन्वयन योजना दो हजार उन्नीस बीस के लिए दो सौ पच्चीस दशमलव आठ एक करोड़ रुपये को मंजूरी दी है राज्य मुख्य सचिव सत्य गोपाल की अध्यक्षता में कल ईटानगर में हुई एक बैठक में इसे मंजूरी दी गई बैठक में महिला एवं बालविकास विभाग के तहत कार्यान्वित होने वाले पूरक पोषण कार्यक्रम सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियां प्री स्कूल शिक्षा कीट और चिकित्सा कीट जैसे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई

ऑरियन एड्रटेक ऑल इंडिया सोसायटी ऑफ एज्केशन प्रगति एड्टेक और जारबम गामलिन कौशल प्रशिक्षण संस्थान ने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया इस कार्यक्रम में लगभग दौ सौ बीस उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण कराया था देश के लगभग चालीस हजार महाविद्यालयों और नौ सौ विश्वविद्यालयों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष दो हजार उन्नीस बीस से लागू कर दी जाएगी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ किए बिना आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों का आरक्षण लागू किया जाएगा उन्होंने बताया कि मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक सप्ताह के अंदर इस आशय के आदेश जारी कर देंगे